तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज होगी छठे दौर की बातचीत राज्य में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के दो सौ तीस नए मामलों की पुष्टि वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज रेल मंत्रालय ने रांची रेल डिवीजन की तेरह ट्रेनों के परिचालन को दी मंजूरी दो जनवरी से चलेंगी ये ट्रेनें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

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि नए साल के पहले हफते से राज्य में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने जेपीएससी की नई नियमावली तैयार कर ली है सरकार के एक साल पूरा होने पर रांची के मोरहाबादी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द अनुबंधकर्मियों की समस्याओं का भी समाधान कर दिया जाएगा इसके लिए विचार विमर्श जारी है इस मौर्के पर श्री सोरेन ने उनसठ नई योजनाओं का शिलान्यास किया और एक सौ एकहतर पूरी हो च्रकी योजनाओं का उदघाटन भी किया उन्होंने बारह हजार करोड़ रूपये की ग्यारह नई योजनाए शुरू करने की भी घोषणा की

कार्यक्रम के दौरान पांच लाख से अधिक लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया इस दौरान मुख्यमंत्री ने पांच सौ ग्यारह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया कार्यक्रम में ग्यारह लाख से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपतियों का भी वितरण किया गया राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने प्रसन्नता जाहिर की है रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में मौजुद पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि यह सरकार जो कहती है उसे करके दिखाती है उन्होने कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना शुरू कर गठबंधन सरकार ने अपना वादा पूरा किया है श्री सिंह ने कहा कि सरकार जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है पार्टी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस एक वर्ष में सरकार सभी मोर्चो पर विफल रही है श्री मरांडी ने कहा कि राज्य की गिरती विधि व्यवस्था सरकार की विफलता का प्रमाण है उन्होंने कहा कि एक वर्ष में डेढ़ हजार से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है मौके पर मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि राज्य में सता के संरक्षण में खनिजों की लूट हो रही है उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है भाजपा की ओर से सरकार के एक साल पूरा होने पर अठाइस पन्नों का आरोप पत्र भी जारी किया गया आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी हेमन्त सोरेन सरकार पर हमला बोला है सरकार की पहली वर्षगांठ को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाते हुए श्री महतो ने कहा कि पहले साल में ही सरकार ने झारखंडी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है उन्होंने जनता से एकजूट होने की अपील करते हुए कहा कि अपने राज्य को इस सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी

वार्ता में क्रषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर विचार विमर्श होगा सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करना जारी रखेगी

डिजिटल इंडिया विजन के लक्ष्य के अनुसार नामांकन से लेकर जांच और पुरस्कार प्रदान करने के समारोह की पूरी प्रक्रिया को पहली बार ऑनलाइन अंजाम दिया जा रहा है

यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा इस परियोजना के लिए दो सौ एक एकड़ भूमि आवंटित की गई है

इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख चौदह हजार छह सौ पचास हो गई है हालांकि इनमें से एक लाख बारह हजार इक्कीस संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ चार है पिछले चौबीस घंटे में दो सौ तीन मरीजों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर सनतानबे दशमलव सात शून्य प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले गुजरात के राजकोट और गांधीनगर पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर तथा असम के शोणितपुर और नलबाड़ी जिलों में चलाया गया इसका उद्देश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजना में जरूरी परिवर्तन करना शामिल है ताकि अंतिम प्रक्रिया को बाधारहित बनाया जा सके केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए जिला प्रशासन ने विशेष दलों का गठन किया और लाभार्थियों के आंकड़े टीके के आवंटन और टीकाकरण के काम में लगे कर्मचारियों और टीका दिए जाने वाले लोगों के बीच सम्पर्क करने जैसे अभ्यास किए गए इस अभ्यास का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के को विन प्लेटफॉर्म पर भी कार्य का अनुभव प्राप्त करना था इसके विस्तृत ब्यौरे और कर्मचारियों से मिली सूचनाओं से संचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी

इधर झारखंड में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं राज्य में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसका ड्राई रन चलाया जाएगा राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी अजीत कुमार प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को यह मुफ्त में मिले उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य के लगभग एक लाख बाइस हजार स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा इसके लिए छह हजार से अधिक वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कल नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टीआईएफएसी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार की गई कार्रवाई सुची रिपोर्ट जारी की इस अवसर पर डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसियों को इस रिपोर्ट में शामिल विचारों पर अमल करना चाहिए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और इस बात पर विचार करना है कि आत्मनिर्भर भारत में हमारे प्रयास कैसे योगदान दे सकते हैं

रेल मंत्रालय ने रांची रेल डिवीजन की तेरह ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दे दी है ये ट्रेनें नए साल में दो जनवरी से चलेंगी रांची के सांसद संजय सेठ ने पिछले दिनों रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमेन को ट्रेनों के परिचालन के लिए मांग पत्र सौंपा था इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से लोगों को यात्रा में सहूलियत होगी पाकृड जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के स्वावलम्बन और सशक्तिकरण की दिशा मे कई कदम उठाए जा रहे हैं झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अखबारों की सुर्खियां राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए गए राजकीय समारोह और ब्रिटेन से भारत लौटे छह लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा जाति और आयप्रमाण पत्र बनाने के लिए पन्द्रह दिनों का समय तय करने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है जबकि दैनिक हिन्दुस्तान ने राज्य में नए साल के पहले हफ्ता से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है प्रभात खबर ने झारखंड में स्कूली स्तर पर खेल को अनिवार्य बनाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान टाईम्स ने भी व्रिटेन से लौटे छह लोगों में कोरोना के नए रूप की पुष्टि होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है